बुधवार तक नाम वापस लिये जा सकेंगे

चुनाव आयोग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक फिलहाल प्रदेशभर से मिले आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण किया जा रहा है

इस दौरान पन्द्रह अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र वैध पाये गये हैं

उधर विधानसभा क्षेत्र शुजालपुर में भाजपा प्रत्याशी इन्दरसिंह परमार ने कांग्रेस प्रत्याशी के आवेदन को चुनौती देते हुए नामांकन पत्र निरस्त करने का आवेदन निर्वाचन आयोग को सौंपा है

प्रधानमंत्री जहां लालपुर में चुनावी सभा को सम्बोधित करेंगे वहीं शाम को राहल गांधी जमुआ हेलीपैड से लेकर जय स्तम्भ तक रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिये भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा शहडोल पहुंचे शहडोल संसदीय क्षेत्र के आठों विधानसभा के प्रत्याशियों और भाजपा नेताओं के साथ बैठक की है राहल गांधी के रोड शो को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां जारी है जिला कांग्रेस अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस में राहुल के रोड शो के बारे में जानकारी दी

ब्योहारी विकासखण्ड में किसानो ने बैलगाड़ी रैली निकाल कर मतदाताओं को जागरुक किया रैली में शामिल लोगो को मतदान का महत्व समझा रहे थे रैली के साथ चल रहा शैला नृतकों का दल लोगो के आकर्षण का केंद्र रहा बाणगंगा मैदान में मतदाताओं को जागरुक करने के लिये पैरासिलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया प्रशासनिक अधिकारियों मीडियाकर्मियों और आम नागरिकों ने पैरासिलिंग कर मतदान का संदेश दिया उधर खण्डवा में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विषेष गढ़पाले के मार्गदर्शन में विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है छठ पूजा के मद्देनजर खंडवा जिला निर्वाचन कार्यालय एवं स्वीप टीम द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्थानीय गणगोर घाट पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा जिसमें श्रद्धालुओं को नैतिक मतदान का संकल्प दिलाया जाएगा

हालांकि मध्यप्रदेश निर्वाचन कार्यालय इस चुनाव में प्रयास कर रहा है कि जिन मतदान केन्द्रों में निरंक मतदान अथवा कम मतदान हआ था वहां पर अधिक से अधिक वोट डाले जायें मुरैना में सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक वहीं भिण्ड के दो विधानसभा क्षेत्रों के एक एक मतदान केन्द्रों पर कोई वोट नहीं डाला गया गुना अशोकनगर सागर छतरपुर सतना अनूपपुर डिंडोरी सिवनी बैतूल होशंगाबाद खरगोन उज्जैन के एक एक मतदान केन्द्रो में भी निरंक मतदान हुआ दूसरी और रीवा सीधी जिलों के दो दो बालाघाट रायसेन खंडवा और आगरमालवा जिले के दो दो मंतदान केन्द्रों में मत नहीं डाले गये विदिशा जिले में चार राजगढ़ में तीन और सर्वाधिक दतिया जिले के कुल छह मतदान केन्द्रों में वोट नहीं डाले गये निरंक अथवा कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केन्द्रों में मतदाता जागरूकता की गतिविधियां चलाकर लोगों को अधिक वोट डालने के लिये प्रेरित किया जा रहा है

जिले के कलेक्ट्रेट भवन में लगा विशाल गुब्बारा समावेशी एवं सुगम मतदान का संदेश दे रहा है

आयोग की अधिसूचना में कहा गया है कि इस अवधि में एग्जिट पोल कराए जाने और उसे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और किसी अन्य तरीके से प्रसारित प्रचारित करने पर प्रतिबंध लगा रहेगा

इस दिन गांधी जी ने पाकिस्तान से आये हरियाणा के कुरूक्षेत्र के शिविरों में रह रहे शरणार्थियों को रेडियो पर संबोधित किया था लोक प्रसारण दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया

जिले में स्वीप के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है स्वीप गतिविधियों को लेकर हमारे आगरमालवा संवाददाता ने स्वीप जिला अध्यक्ष से बात की

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं

कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्वक हुआ माओवाद प्रभावित दस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान सवेरे सात बजे शुरू हुआ और दोपहर बाद तीन बजे तक चला बाकी आठ निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डालने का समय सवेरे आठ बजे से शाम पांच बजे तक था इस चरण में एक सौ नब्बे उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं हमारे रायपुर संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए वर्ष दो हजार तेरह में यहां पचहत्तर फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ था

भोपाल की शीतलदास की बगिया में घाट को आकर्षक रुप से सजाया गया है बिहारी समुदाय के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छठ पूजा पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं श्रीमती पटेल ने कहा कि हमारा देश पर्वो और उत्सवों का देश है यहां की संस्कृति अनेकता में एकता पर आधारित है राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि छठ पूजा का पर्व सादगी और समृद्धि का प्रतीक है यह पर्व सदभाव एकता और भाईचारे की प्रेरणा देता है राज्यपाल ने इस मौके पर प्रदेशवासियों के स्वस्थ्य और दीर्घाय् जीवन की स्वस्थ मंगल कामना की है

नरसिंहपुर में मतदाताओं को जागरुक करने के लिए जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है जिले के मतदान में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए उन्हें जागरुक किया जा रहा है महिलाओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए जिले के चारों विधानसभा में चालीस पिंक बूथ यानी सहेली मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं इन केंद्रों में महिलाओं की सुरक्षा सहित उन्हें आसानी से मतदान करने के लिए समुचित इंतजाम किए जाएंगे

मध्यप्रदेश विधानसभा के दो सौ तीस निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश को आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य के दर्जे से उबार कर एक विकसित राज्य बना दिया है और अब अगला लक्ष्य इसे एक समृद्व राज्य बनाना है

श्री गोहिल ने कहा कि असलियत यह है कि राज्य सरकार के काम नहीं करने के कारण ही मध्यप्रदेश के बीस जिलों की स्वास्थ्य के लिहाज से देश के सबसे बदहाल जिलों में गिनती होती है पत्रकार वार्ता में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद थीं

पोर्टल को लेकर सागर के दिव्यांगजनों को प्रशिक्षित किया जा रहा है